अब तक चार सौ चौरासी लोगों की इस महामारी से मृत्यु प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहरा गया है सोलह जिलों के एक सौ अट्ठाईस प्रखंडों की एक हजार दो सौ बयासी पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं अठहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख सैंतालीस हजार से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर और एक हजार छह सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है जहां आठ लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण गंडक और इसकी सहायक नदियां उफान पर हैं जिससे कारण पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है गोपालगंज जिले में छह प्रखंडों के एक सौ दस गांव बाढ़ से घिरे हये हैं जिले में चार लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं वहीं सारण जिले में गंडक नदी से जुड़ी नहरों के क्षतिग्रस्त होने से नौ प्रखंडों के एक सौ तीन पंचायत बाढ़ से प्रभावित है जिले में लगभग आठ लाख लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं वाल्मीकिनगर गंडक बराज से हर रोज औसतन डेढ़ से दो लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इससे बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में बाया और कदाने नदी के प्रकोप के कारण कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि कई क्षेत्रों में पानी के सड़ने से महामारी का खतरा मंडराने लगा है जिले में पन्द्रह प्रखंडों के दो सौ सत्ताईस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं बीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं

ब्रढ़ी गंडक बागमती करेह और कमला बलान नदी में उफान के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है वहीं अगले चौबीस घंटों के दौरान गोपालगंज सीवान सारण पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है विभाग के अनुसार मॉनसून की ट्रफ रेखा उत्तर बिहार के ऊपर से गुजर रही है और कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन हजार नौ सौ छह नये मामलों की पुष्टि हुई है इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौरानवे हजार चार सौ उनसठ हो गयी है सबसे अधिक तीन सौ निन्यानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक बासठ हजार पांच सौ सात लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर छियासठ प्रतिशत से अधिक है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक चार सौ चौरासी मरीजों की मौत हो चुकी है इधर पटना जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पंद्रह हजार तीन सौ इक्यासी हो गयी है अब तक पटना जिले में महामारी से इक्यानवे लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं नई दिल्ली स्थित एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए बी डे ने बताया कि कोविड उन्नीस से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है लेकिन वे कुछ सावधानियां बरत कर अपना बचाव कर सकते हैं

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा दिल्ली के राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने लोगों से खासकर वरिष्ठ नागरिकों से घर पर ही रहने की अपील करते हुये कहा है कि कोविड उन्नीस से बचाव का यही एक मात्र प्रभावी तरीका है

दे शुड टैक दीयर योअर मेडिकेशन डे शुड स्टे होम स्पेसिली जो उनका अटेंडेंट है उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे होम और उनको बाहर नहीं जाना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा बिहार के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से राष्ट्रपति के संबोधन का मैथिली अनुवाद रात्रि साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के कारण शाम साढ़े सात बजे से आकाशवाणी के पटना केन्द्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के समय में परिवर्तन किया गया है आज यह बुलेटिन शाम के छह बजकर पैंतीस मिनट से प्रसारित किया जायेगा वहीं जिले की हलचल शाम छह बजकर बावन मिनट पर प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेकहा है कि देश की कराधान प्रणाली फेसलैस बनाई जा रही है इससे करदाताओं का डर दूर होगा और उन्हें भेदभाव से बचाया जा सकेगा श्री मोदी ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया श्री मोदी ने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वह करदाताओं को भ्रमित करने की बजाय उनकी समस्याओं को सूलझाए श्री मोदी ने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सब कुछ सरल होने चाहिएं

साथियों कोशिश ये हैकि हमारी टैक्स प्रणाली सिमलेस पेनलैस हो फेसलैस हो सिमलैस यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्सपेयरको उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे पेनलैस यानि टेक्नॉलॉजी से लेकरूल्स तक सबकुछ सिम्पल हो फेसलैस यानि टैक्सपेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन हैइससे मतलब ही नहीं होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कर प्रणाली को निर्बाध सरल और फेसलैस बनाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि करदाता राष्ट्र के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे करदाताओं से गरिमापूर्ण तरीके से पेश आये

इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील और टेक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफार्मस हैं पूर्व मध्य रेलवे ने किसानों की आमदनी बढाने के लिए बिहार से दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन शुरु की है इसका परिचालन बरौनी से टाटानगर के बीच किया जा रहा है यह ट्रेन झारखंड के शहरों बोकारो हटिया और टाटानगर के लिए दूध लेकर जायेगी प्रदेश में विभिन्न प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स के माध्यम से सरकार ने इस वर्ष बीस लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद की है सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि धान खरीद की एवज में दो लाख उनासी हजार किसानों को तीन हजार छह सौ तिरसठ करोड़ रूपये का भूगतान उनके खाते में किये गये हैं राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में एक अगस्त से अब तक नौ हजार तीन सौ तिरासी वाहन जब्त किये गये हैं प्रलिस ने इन वाहनों के मालिकों से दो करोड़ पैंतीस लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है एक अगस्त से अब तक अड़सठ हजार तीन सौ बारह लोगों से चौंतीस लाख पन्द्रह हजार रूपये से अधिक अर्थदंड वसूल किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सात पुलिसकर्मियों को उनके वीरता के लिए सम्मानित किया जायेगा पुलिसकर्मियों को पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और इक्यावन हजार रूपये मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे पुरस्कार पाने वालों में एसटीएफ पटना में पुलिस इंस्पेक्टर अलय वत्स वैशाली जिला बल में पुलिस इंस्पेक्टर अंजनी कुमार सिंह सारण जिला बल में एएसआई किशोरी चौधरी अशोक कुमार रूपेश वर्मा वैशाली जिला बल में एएसआई कुंदन कुमार ओझा और पटना एसटीएफ में हवलदार धीरज थापा शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया जिले के फारबिसगंज में नया चिड़ियाघर रानीगंज व्रक्ष वाटिका बनाने की सहमति प्रदान कर दी है बिहार राज्य वन्यप्राणी पर्षद की बैठक में यह फैसला किया गया है वहीं राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के भ्रमण का लोग ऑनलाईन आनंद उठा सकेंगे बैठक में इंटरनेट से चिड़ियाघर के गतिविधियों के प्रदर्शन की भी अनुमति दी गयी पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और बाढ़ की स्थिति को देखते हुये स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है स्नातक में नामांकन के लिए तिथि बढ़ाकर चौदह अगस्त से इकतीस अगस्त तक कर दी गयी है वहीं स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा में इक्कीस सितम्बर तक नामांकन लिया जा सकता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अन्तर्गत दसवीं और बारहवीं बोर्ड के कम्पार्टमेंटल की परीक्षा के लिए बीस अगस्त तक ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे परीक्षा सितम्बर माह में आयोजित होगी बोर्ड ने कहा है कि इक्कीस और बाईस अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ फार्म भरा जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कर सुधार की दिशा में उठाये गये बड़े कदम और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करदाताओं के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल शुरू किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है करदाताओं को आयकर दफ्तर के चक्कर से मुक्ति बिहार में कोविड जांच का लक्ष्य एक लाख से पार होने को भी ज्यादातर अखबार ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण का शीर्षक है एक दिन में रिकॉर्ड एक लाख टेस्ट देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग पर यूजीसी के हलफनामे को दैनिक भास्कर ने प्रमुख खबर बनाया है अखबार की सुर्खी है परीक्षा के बिना मिली डिग्री को कहीं भी मान्यता नहीं दी जा सकती है दैनिक आज ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है अब नियोजित नहीं कहे जायेंगे पौने चार लाख शिक्षक और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहराया

अब तक चार सौ चौरासी लोगों की इस महामारी से मृत्यु